उन्होंने कहा कि केवल प्रमुख दालों की फसलें लगाने की बजाय सभी तरह के खाद्यानों की फसलें लगाई जानी चाहिये जिनमें दालों के साथ ज्वार बाजरा फल और सब्जियां भी शामिल हों श्री नायडू ने आज चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन में पोषाहार के लिये फायदेमंद कृषि पर राष्ट्रीय परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए कहा कि दालों की उपज से न केवल पोषक और समृद्ध खाद्यान्न उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे मिटटी के पोषक तत्वों को भी कायम रखा जा सकेगा उन्होंने कहा कि इससे लगभग साठ लाख टन दालों के आयात का बोझ भी कम होगा उप राष्ट्रपति ने किसानों को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे संस्थानों का भी आह्वान किया भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण ने आज कुछ व्यक्तियों के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने एक लोक सेवक की आधार संख्या का इस्तेमाल कर उसके व्यक्तिगत ब्यौरा हासिल किया है प्राधिकरण ने विश्व की स्बसे बड़ी विशिष्ठ पहचान परियोजना आधार को बदनाम करने के ऐसे प्रयासों की निंदा की है प्राधिकरण ने कहा है आधार ने लोगों के बीच डिजिटल भरोसा कायम किया है प्राधिकरण के अनुसार आधार का डाटाबेस पूरी तरह से सु्रक्षित है और पिछले आठ साल के दौरान इसकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सही साबित हुई है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने बच्चों के चहंमुखी विकास के लिए राजधानी क्षेत्र सहित राज्यभर के स्कूलों में बच्चों के लिए और अधिक खेल मैदानों की आवश्यकता पर जोर दिया ईटानगर के राजभवन कॉम्प्लेक्स में स्थित चिल्रन्स पार्क में कल राज्यपाल और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा ने पार्क का दौरा कर वहां खेल रहे बच्चों के साथ बातचीत के दौरान राज्य में ज्यादा से ज्यादा खेल मैदानों के विकास की आवश्यकता महसूस की उन्होंने कॉर्पोरेट हाउस गैर सरकारी संगठनों जिला प्रशासनों और सरकारी विभागों से चिल्रन्स पार्क को अपनाने और उनका रख रखाव करने की अपील की डॉ मिश्रा ने बच्चों को पढ़ाई के अलावा अपने आप को स्वास्थ्य रखने के लिए खेल खेलने को भी प्रोत्साहित किया असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पूरा मसौदा आज सवेरे दस बजे जारी किया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सेवा केंद्र टोल फ्री नंबर एसएमएस तथा ऑनलाइन सेवा के जरिए लोग अंतिम मसौदे में अपना नाम मालूम कर सकते हैं

एन आर सी सेवा केंद्रों से भी नाम की जानकारी ली जा सकती है और लोग अपना नाम ऑनलाइन भी देख सकते हैं सेवा केंद्र की वेबसाइट हैं

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल इस सिलसिले में गुवाहाटी में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी बैठक में राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में सहयोग का आश्वासन दिया बैठक के बाद श्री सोनोवाल ने संवाददाताओं से कहा कि यदि किसी नागरिक का नाम मसौदे में शामिल नहीं है तों उसे दावा करने और आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा परिवहन विधायी सचिव लिखा साया ने जोर देकर कहा कि विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इसकी भागीदारी से क्षेत्र के विकास में नई निती बनाने में सहायक सिद्ध होगा ये बात श्री साया ने गत शनिवार को लोअर सुबनसिरी जिला के तून में पदोन्नत राजकीय माध्यमिक स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा उद्घाटन समारोह के बाद विधायी सचिव ने क्षेत्र के पूर्व पंचायती सदस्यों गांव बूढ़ा और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के दौरान श्री साया ने जिला प्रशासन जन प्रतिनिधियों और हितधारको के बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया कुंरुग क्रमे जिले में गत शनिवार को महीनेभर चलने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का शुभारंभ हुआ वहीं ईस्ट सियांग जिले में भी कल स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत हुई स्वच्छा सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो का आकलन कर उन्हें रेंक प्रदान करने की प्रक्रिया है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गत पच्चीस जुलाई को ईटानगर में स्वच्छा सर्वेक्षण ग्रामीण की शुरुआत की थी लोंगडिंग जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर कल जिले के सभी विभागाध्यक्षको को विभिन्न प्रजाति के पौधे वितरित किए लोंगडिंग शहर को हरित शहर बनाने के लक्ष्य के साथ जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कार्यालयों और आवासीय क्वाटरों में दस हजार से भी ज्यादा पौधारोपण करने का निर्णय लिया है क्षेत्र में पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में से एक का भी नहीं बचने पर द्रख व्यक्त करते हुए जिला उपायुक्त विक्रम सिंह मलिक ने विभागाध्यक्षकों को पौधारोपण के बाद पौधो की सही देखभाल करने की सलाह दी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 आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तैईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई